पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में पांच और कोरोना पॉजिटिव मिले

दो सौ तिरासी लोगों को किया गया गिरफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना संक्रमण की लड़ाई में एकजुटता दिखाने के लिये पांच अप्रैल रविवार को रात नौ बजे घरों की रौशनी बंद कर दरवाजे या बालकोनी में दीया मोमबत्ती टॉर्च लाइट और माबाईलों की फ्लैश लाईट जलाने का आहवान किया है देशवासियों के नाम वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह आयोजन अंधकारमय कोरोना को पराजित करने के लिये एक सौ तीस करोड़ देशवासियों की सामूहिक चेतना का प्रतीक होगा

उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हम एकजुटता के साथ ही जीत सकते हैं श्री मोदी ने कहा कि इस आपात स्थिति में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है बल्कि सभी देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति का संबल है इससे पूर्व कल मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड उन्नीस महामारी से मौतें कम करना है श्री मोदी ने कहा कि सबसे ज्यादा जोर संदिग्धों की जांच कराने उनका पता लगाने उन्हें विशेष निगरानी में रखने और क्वारंटीन पर दिया जाना चाहिए उन्होंने कोविड उन्नीस के रोगियों के लिये अलग अस्पताल की आवश्यकता जतायी श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से आयुष चिकित्सकों के संसाधन पूल का उपयोग करने ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने और पैरा मेडिकल स्टाफ एनसीसी तथा एनएसएस स्वयंसेवियों की सेवाएं लेने को भी कहा प्रधानमंत्री ने तालमेल से काम करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समूहों के गठन और जिला निगरानी अधिकारियों की नियुक्ति की जरूरत है उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लोग कम संख्या में ही इलाके से बाहर जायें श्री मोदी ने इसके लिये राज्यों से सुझाव भी आमंत्रित किये बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से चिकित्सा कर्मियों के लिये पर्याप्त मात्रा में मास्क के साथ साथ चिकित्सा उपकरण दवा और किट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ आज राष्ट्रपति भवन से वीडियो कांफ्रेंस करेंगे इसमें केन्द्र और राज्य स्तर पर कोविड उन्नीस के प्रकोप से उत्पन्न संकट से निपटने के प्रयासों पर चर्चा की जायेगी बिहार में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड उन्नीस के पांच नये मामले सामने आने के बाद इस महामारी के संक्रमितों की संख्या बढकर उनतीस हो गई है कल जिन पांच मरीजों की पुष्टि हुयी उनमें से दो दो मरीज गया और गोपालगंज के जबकि एक सारण का है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सारण में जिस मरीज की प्रष्टि हुयी है वह मध्यपूर्व देशों और इंग्लैण्ड से लौटा है गोपालगंज के दोनों मरीज भी खाड़ी देशों से लौटे हैं वहीं गया की जिन दो महिलाओं में रोग की पुष्टि हुयी है वे जिले के पहाड़पुर के रहने वाले कोरोना संक्रमित युवक की मां और पत्नी हैं यह युवक राज्य के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया था श्री कुमार ने बताया कि जिन इलाकों में मरीज मिले हैं उसके पांच किलोमीटर के दायरे को सील कर लोगों को घर से नहीं निकलने को कहा गया है उन्होंने बताया कि मरीजों के निकट संपर्क में आये लोगों की तलाश की जा रही है प्रदेश में अब तक जिन उनतीस मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुयी है उनमें से सोलह की ट्रेवल हिस्ट्री रही है जबकि मुंगेर के जिस युवक की मौत हुयी उसके संपर्क में आने वाले तेरह लोग संक्रमण के शिकार हये हैं अब तक मुंगेर में सबसे अधिक सात लोग संक्रमित पाये गये हैं जबकि पटना और सिवान में पांच पांच गया में चार गोपालगंज तथा नालंदा में तीन तीन और लखीसराय तथा बेगूसराय में एक एक मरीज मिले हैं तीन लोग उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गये हैं इधर देश में अभी तक नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की पूष्टि वाले कुल दो हजार उनहत्तर मामले सामले आये हैं इनमें से एक सौ पचपन रोगी ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं जबकि तिरेपन लोगों की मृत्यु हो चुकी है गृह मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस के फैलने की रोकथाम के लिए लागू किए गए इक्कीस दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के तहत कुछ और सेवाओं को छूट दी है इनमें क़षि उत्पादों की सीधी बिक्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आय़ुष से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं को लॉकडाउन से छूट की सूची में रखा गया है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि इन सेवाओं और उनसे संबंधित सामान के प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को अन्य आवश्यक सेवाओं की तरह ही छूट दी जाएगी केंद्र सरकार ने कहा है कि देशभर में लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कराने के लिये हर आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं गृहमंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि गृह मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रहा है साउंड बाईट पुण्य सलिला लॉकडाउन मेजर्स का वॉयलेशन डिजास्टर मैनेजमैन्ट एक्ट और इंडियन पीनल कोर्ट के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है और इस कांटैस्ट में होम सैक्रेटरी ने समी स्टेटस और यूटीज को लिखा है कि पब्लिक अथॉरिटीज और सिटीजन्स के बीच इन कानूनों के प्रावधानों को वाइडली सरक्यूलेट करें जिससे कि हमारा लॉकडाउन इफैक्टिव हो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महिलाओं के जन धन बैंक खातों में आज से पांच पांच सौ रूपये की राशि भेजी जा रही है केंद्र ने लॉकडाउन के मद्देनजर तीन महीने तक इन खातों में पांच पांच सौ रूपये भेजने का फैसला किया था इधर इस राशि की निकासी के लिये केंद्र ने दिशा निर्देश भी जारी किये हैं वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जिनकी खाता संख्या का अंतिम दो अंक शून्य एक है वे आज पैसे निकाल सकते हैं वहीं अंतिम अंक दो तीन वाले चार अप्रैल को चार पांच वाले सात अप्रैल को छह सात वाले आठ अप्रैल को और आठ नौ वाले नौ अप्रैल को निकासी कर सकते हैं केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को राहत प्रदान की है वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऐसी पॉलिसियों के नवीकरण की तिथि इक्कीस अप्रैल तक बढ़ा दी गई है जिनका नवीकरण पच्चीस मार्च से लेकर चौदह अप्रैल तक किया जाना है उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है कि वे फर्जी खबरों को रोकने के लिए कारगर उपाय करें इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार लोगों के लिए एक वेबपोर्टल बना रही है ताकि वे तथ्यों की जांच कर गलत खबरों को तत्काल खारिज कर सके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी कहा गया है कि वे अपने स्तर पर ऐसी ही व्यवस्था करें लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में प्रदेश में अब तक लगभग पांच सौ प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं इनमें सबसे अधिक नालंदा में एक सौ अठावन गया में बयालीस और सिवान में बहत्तर मामले दर्ज हुये हैं अब तक छह हजार सात सौ गाड़ियां जब्त की गयी हैं दो सौ तिरासी गिरफ्तारियां हुयी हैं और एक करोड़ छियालीस लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है कोरोना संक्रमण के फैलाव के बाद चौदह से तेईस मार्च के बीच तबलीगी जमात और दिल्ली से चार हजार पांच सौ संतानवे लोग बिहार लौटे हैं गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को जिलावार लोगों की सूची उपलब्ध करा दी है राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इन सभी की तलाश के लिये संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को पत्र लिखा है पत्र में इन सभी लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन करने और कोरोना का लक्षण दिखने पर जांच के लिये सैंपल एकत्र करने के निर्देश दिये गये हैं इधर मरकज में शामिल हुये अधिकांश लोगों का सरकार ने पता लगा लिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्सी विदेशी नागरिकों में से इकहत्तर की आतंकवाद निरोधी दस्ता ने पहचान कर ली है बिहार के पैंतालीस लोगों के दिल्ली में ही क्वारंटीन किया गया है अन्य लोगों का पता लगाने के लिये छापेमारी अभियान जारी है राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि अठारह मार्च के बाद विदेशों से लौटे चार हजार लोगों के नमूने एकत्र किये गये हैं उन्होंने बताया कि इन सभी की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आयी है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड उन्नीस की जांच शुरू हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि पीएमसीएच में भी जांच की ट्रायल शुरू हो गयी है

इधर दूरसंचार विभाग और सी डॉट ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सहयोग से ऐसा एप्लीकेशन विकसित किया है जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के क्वारंटीन से अन्य स्थान जाने पर स्वतः ईमेल या एसएमएस भेज सकता है इसे कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम का नाम दिया गया है लॉकडाउन को देखते हुये राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के आठवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिये रेडियो के माध्यम से कक्षाओं के संचालन का फैसला किया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय सिंह ने बताया कि रेडियो की व्यापक पहुंच को देखते हुये ये निर्णय लिया गया है उन्होंने बताया कि यूनिसेफ की मदद से पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है देशभर में नोवेल कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं

लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए और लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

पटना के सिविल सर्जन ने निजी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवायें बहाल करने का निर्देश दिया है लॉकडाउन को देखते हुये भारतीय स्टेट बैंक ने क्लर्क भर्ती की प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिये स्थगित कर दिया है औरंगाबाद स्थित एनटीपीसी लिमिटेड और रेल मंत्रालय के संयुक्त उद्यम भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड की ओर से जिला प्रशासन को पांच हजार फेस मास्क ग्लव्स सेनिटाइजर और नोज मास्क उपलब्ध कराये गये हैं इधर पूर्व मध्य रेलवे की महिला कल्याण संगठन की ओर से सोनपुर में जागरूकता अभियान के साथ साथ जरूरतमंदो के बीच भोजन का भी वितरण किया जा रहा है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की गयी समीक्षा हिन्दुस्तान दैनिक जागरण दैनिक भास्कर और प्रभात खबर समेत आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वेंटिलेटर और पांच लाख पीपीई किट केंद्र से मांगे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर उनतीस होने और तबलीगी जमात में शामिल लोगों की खोज के लिये चलाये जा रहे अभियान को आज राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में पांच और कोरोना पॉजिटिव मिले

दो सौ तिरासी लोगों को किया गया गिरफ्तार